कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

समीक्षा बैठक में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता के बारे में निर्णय लिया गया जिसके तहत कोविड प्रबंधन में उनके शिक्षकों की देखरेख में मेडिकल इंटर्नस की तैनाती को मंजूरी दी गई एमबीबीएस अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं टेली कंसल्टेशन और मामुली रूप से बीमार कोरोना मरीजों की देखभाल जैसी सेवाओं के लिए ली जा सकती है इसी तरह पीजी के अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्रों की सेवाए रेजिडेन्ट डॉक्टर के रूप में जारी रखने का भी निर्णय लिया गया बैठक में यह भी निर्णय लिया गया की जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सेस की सेवाएं वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सो की देखरेख में ली जा सकती है बैठक में कम से कम सौ दिन तक कोविड डयूटी करने वालों को भविष्य में नियमित सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में प्राथमिकता देने का भी फैसला लिया गया है कोविड सम्बन्धित कार्यो में लगाए जाने वाले मेडिकल छात्रों और प्रोफेशनल का यथोचित वैक्सीनिशेन भी किया जाएगा साथ ही तैनात किए जाने वाले हैल्थ प्रोफेशनल को सरकारी बीमा योजना के दायारे में लाया जाएगा इस बीच नीट पीजी परीक्षा को कम से कम चार महीने के लिए स्थगित करने का फैसला भी बैठक में लिया गया इससे कोविड ड्यूटी के लिए योग्य डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने में टीकाकरण बहत महत्वपूर्ण है देश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया जा चुका है

कोरोना संक्रमण देश में कोरोना संक्रमण की द्रसरी लहर के बीच आज कुछ राहत की खबर है

लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बढते कोरोना संक्रमण के कारण उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

कोविड़ रुद्रप्रयाग रुद्वप्रयाग के कोविड प्रभारी मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा है उन्होंने जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर कहा कि छोटे से जिले में लगातार बढ़ रहे मामले वास्तव में चिंता का विषय है बैठक में जिलाधिकारी मनूज गोयल व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिले में स्थित आइसोलेशन कोविड सेंटर एक्टिव केस आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि होम आइसोलेट व्यक्तियों से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा लगातार संपर्क कर उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जा रही हैं डॉ रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी इसलिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया जाए श्री रावत ने होम आइसोलेट हुए व्यक्तियों से लगातार संवाद बनाए रखने के साथ ही कोविड को लेकर अधिकारियों को आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए लॉक डाउन राजधानी देहरादून नैनीताल और बागेश्वर सहित राज्यों के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए तीन दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है

बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमण की रफतार बढ़ती जा रही है

सरकार के नए आदेश के बाद जिलाधिकारी ने अब जिले में तीन दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है जिले में पुलिस दिनभर कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गश्त करती रही बाजार में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा इस दौरान पुलिस ने बाजार में बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की

जबकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी कोविड समीक्षा प्रदेश के शिक्षा मंत्री और कोविड की दृष्टि सें चम्पावत जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पाण्डेय ने कोविड कार्यो की समीक्षा की चम्पावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कोविड़ कार्यो में ओर अधिक तत्परता से कार्य करने व दायित्वों का निर्वहन करने को कहा है उन्होंने कहा की इसके लिए लोगो पर जागरूकता पैदा करनी होगी जिले में कोविड़ कार्यो की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ने से इसके सुरक्षात्मक उपाय ओर तेज करने की आवश्यकता है

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में आने वाले प्रवासी में से अधिकतर लोग संक्रमित पाए जा रहे है जो कि चिंता का विषय है इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियो को जिलेवार प्रबंधन व अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी गयी है

इस दौरान यमुनोत्री विधायक श्री केदार सिंह रावत जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी वर्चअल जुडे रहें स्वामी यतीश्वरानन्द ने जिलाधिकारी से जनपद में कोरोना महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति विभिन्न अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था आईसीयू बैड आक्सीजन बैड से लेकर दवाईयों चिकित्सा सहायक उपकरणों एम्बुलेन्स और द्रस्थ क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग के साथ ही टीकाकरण के लिए तैनात मोबाईल टीमों के बारे में जानकारी प्राप्त की बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधियों से भी वर्चवल माध्यम से कोरोना महामारी के उपचार व संसाधनों की वस्तस्थिति की फिडबैक लेते हुए उनके द्वारा सुझाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जिला प्रशासन को कोरोना महामारी से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए उन्होंने ब्लाक स्तर व न्याय पंचायत स्तर पर टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने जिला अस्पताल के अलावा सीएचसी व पीएचसी में भी चार से पांच आक्सीजन युक्त कोविड बैड विस्तारित करने को कहा उन्होने लोगो की सुविधाओं और उनकी काउंसलिंग के लिए ब्लाक स्तर पर टोल फ्री नम्बर जारी करने को कहा है